जन वितरण प्रणाली की दुकानों में शिफ्ट में मिलेगा अनाज

प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर नौ हो गयी है कल पटना के एक बीस वर्षीय युवक में संक्रमण की प्रष्टि हुयी आज दो और मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव पायी गयी है प्राप्त जानकारी के अनुसार कल जिस मरीज में संक्रमण की प्रष्टि हुयी वह पटना बाईपास के एक निजी नर्सिंग होम का कर्मी है इसी नर्सिंग होम में बिहार के पहले कोरोना संक्रमित मरीज ने इलाज कराया था उसे एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है इधर सरकार ने एहतियात के तौर पर उस निजी नर्सिंग होम में बाहरी मरीजों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है जिसमें वह काम करता था हमारे बेगूसराय संवाददाता ने बताया है कि घर पर निगरानी में रखी गयी एक महिला सहित दो लोगों की मौत हो गयी है दोनों मृतकों के नमूने जांच के लिये पटना भेजे गये हैं इधर देशभर में कोविड नाईनटीन के प्रष्ट मामलों की संख्या बढ़कर छह सौ छियानवे हो गयी है इनमें से सोलह की मौत हो चुकी है जबकि चौवालीस मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गये हैं अभी छह सौ पैंतीस का उपचार चल रहा है राज्य सरकार ने कहा है कि मार्च महीने में विदेशों से बिहार लौटे तीन हजार तीन सौ तिरासी लोगों को होम क्वारेंटाइन किया जायेगा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान संचिव संजय कुमार ने बताया कि ऐसे लोगों को उनके घर में अलग थलग रखने के लिये नगर निकायों के प्रतिनिधियों की सहायता ली जायेगी उन्होंने बताया कि पूर्वी चंपारण में सबसे अधिक छह सौ तिरपन लोग विभिन्न देशों से आये हैं दरभंगा में पांच सौ अड़तालीस छपरा में चार सौ अठहत्तर मुजफ्फरपुर में दो सौ पचपन और सीवान में दो सौ सत्तावन लोगों की पहचान की गयी है जो विदेशों से लौटे हैं राज्य सरकार ने लॉकडाउन को देखते हुये किराना फल और सब्जी की दुकानों समेत अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के खुलने का समय निर्धारित कर दिया है ये द्रकानें सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी वहीं आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में लगे वाहनों के लिये जिला प्रशासन को पास निर्गत करने का आदेश दिया गया है इधर सरकार ने जन वितरण प्रणाली की द्वकानों में शिफ्ट के आधार पर अनाज वितरण का आदेश दिया है इधर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष और आटा व्यवसायी ओ पी शाह ने बताया कि राज्य में आटा की कोई कमी नहीं है पटना में दस बड़े आटा मिल हैं जहां से प्रतिदिन पांच सौ टन आटा की सप्लाई हो रही है उन्होंने बताया कि मिल मालिकों द्वारा चौबीस रूपये प्रतिकिलो आटा उपलब्ध कराया जा रहा है राज्य सरकार ने खाद्य सामाग्री का कालाबाजारी और जामाखोरी की शिकायत के लिये टोल फ्री नम्बर शून्य छह एक दो दो दो एक सात छह तीन छह जारी किया है वहीं किसी तरह की आपदा की जानकारी और सुझाव के लिये हेल्पलाईन नम्बर एक शून्य सात शून्य जारी किया गया है इधर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन ने एलपीजी उपभोक्ताओं की परेशानी को देखते हुये हेल्पलाईन नम्बर आठ दो एक शून्य नौ सात नौ नौ तीन शून्य जारी किया है कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिये केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्रियों को राज्यों का प्रभार सौंपा है बिहार का प्रभार वरिष्ठ मंत्री रामविलास पासवान और रविशंकर प्रसाद को सौंपा गया है प्रभारी मंत्री राज्य सरकार के साथ ही जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर संक्रमण से निपटने के लिये किये जा रहे उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दूसरे राज्यों में रह रहे प्रवासी बिहारियों के संबंध में उत्तर प्रदेश गुजरात उत्तराखण्ड और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों तथा पंजाब के वित्त मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है श्री मोदी ने इन सभी से बिहारी मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान रहने और खाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया राज्य सरकार ने देश के विभिन्न भागों में रह रहे प्रवासी बिहारियों के लिये टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य तीन चार पांच छह एक तीन आठ जारी किया है इसके अलावा दिल्ली स्थित बिहार भवन की ओर से हेल्पलाईन नम्बर दो तीन सात नौ दो शून्य शून्य नौ दो तीन शून्य एक चार तीन दो छह दो तीन शून्य एक तीन आठ आठ चार जारी किया गया है इन नंबरों के आगे दिल्ली का एसटीडी कोड शून्य एक एक लगाना होंगा दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने मुसलमानों से अपील की है कि वे जुम्मे और बाकी सभी दिन मस्जिद की बजाए घर में ही नमाज पढ़ें उन्होंने लोगों से कहा कि वे लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें

हुकुमत की जानिब से जो भी स्टैप्सउठाये जा रहे हैं उस पर सख्ती के साथ अमल करने का है लोगों को घरों पर ही नमाज पढ़नेकी हिदायत दी गई है और लोग इस पर अमल भी कर रहे हैं

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री राहत कोष में एक लाख पच्चीस हजार रूपये का अंशदान दिया है केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने सांसद निधि से एक करोड़ रूपये देने की घोषणा की है राज्य के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सवा लाख रूपये उद्योग मंत्री श्याम रजक ने चार लाख तीन हजार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने एक लाख इक्यावन हजार खाद्य उपभोक्ता और संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने डेढ़ लाख रूपये देने की घोषणा की है इसके साथ साथ राज्य सरकार के लगभग सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान किया है वहीं सहकारिता बैंक ने मूख्यमंत्री राहत कोष में एक करोड़ रूपये और जहानाबाद के सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने साठ लाख रूपये कोष में दिये हैं कांग्रेस विधायक विजय शंकर दूबे ने अपने एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है लॉकडाउन के आदेश का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है कल प्रदेशभर में ऐसे दो सौ पंद्रह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी सैंतीस लोगों को गिरफ्तार किया गया और एक हजार चार सौ अट्ठासी वाहन जब्त किये गये इस दौरान लगभग चौबीस लाख रूपये जुर्माना भी वसूला गया इधर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को सख्ती के साथ लॉकडाउन सुनिश्चित कराने को कहा है और अब कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़ी अच्छी खबर केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस के सामुदायिक प्रसार का अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है सरकार ने यह भी कहा है कि देश में वायरस संक्रमण के रोगियों की संख्या बढ़ रही है लेकिन इसकी वृद्धि दर में स्थिरता आने लगी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नई दिल्ली में बताया कि बढोतरी में स्थिरता का रूझान अभी शुरूआती दौर में है और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे सामूहिक प्रयासों से कोविड नाईनटीन की समस्या के समाधान की संभावना है

यह चौलेंज बहुत बड़ा है इस चौलेंज को हम सबको कलैक्टिवलीमिलकर लेना है और इसमें सबका सपोर्ट क्रूशियल है कोई भी एक नागरिक अगर वो एक गलतीकरता है तो उसका इफैक्ट उसके आसपास के लोगों को उसकी फैमली को समाज को सबको मैनेजकरना पड़ेगा तो इसके लिये फिर से मैं अपील करूंगा कि इसमें हर एक नागरिक इसमें हमेंअपना सहयोग दे ताकि मिलकर हम इस प्राब्लम से मुक्ति पा सकें श्री अग्रवाल ने कहा कि चौंसठ हजार से अधिक लोगों को निगरानी में रखा जा रहा है और सिर्फ एक दो मामलों से यह साबित नहीं होता कि देश में कोरोना वायरस सामुदायिक स्तर पर फैल गया है उन्होंने कहा कि सत्रह राज्यों में कोविड नाईनटीन के इलाज के लिए अलग से अस्पताल बनाने का कार्य शुरू कर दिया है

जहांपर भी डैडिकेटिड कोविड हॉस्पिटल बनाये जा रहे हैं इसके साथ ही सारे पेशेन्ट्स का प्रॉपरप्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रिटमेन्ट हो और देश में जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको हम ओरियेन्टकर पायें कि उसका प्रोटोकॉल क्या है यूनिफार्मिटी ऑफ ट्रीटमेन्ट हो उसके लिये एम्सदिल्ली के साथ मिल कर अभी हम लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग डॉक्टर्स के लिये शुरू कीहै वह ट्रेनिंग जो कि महामारी विज्ञान और इन्फैक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसिज और केसमैनेजमैंट के उपर डॉक्टर्स को ओरियेन्टेशन के द्वारा दी जा रही है श्री अग्रवाल ने बताया कि आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कोविड नाईनटीन की रोकथाम और इसके नियंत्रण के उपायों सामुदायिक निगरानी के तरीके और सामूदायिक स्तर पर जन स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं केंद्र सरकार लॉक डाउन के अवधि के दौरान दवाओं की होम डिलिवरी को मंजूरी दे दी है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि डॉक्टर के पर्चे पर लिखी दवाएं मंगवायी जा सकती हैं राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में सामूदायिक रसोईघर और आवासन की व्यवस्था शुरू हो गयी है आपदा प्रबंधन विभाग ने जिला प्रशासन से सरकारी स्कूलों में राहत केंद्र बनाने को कहा है इधर हमारे दरभंगा संवाददाता ने बताया कि कल रात से बेसहारा और गरीब लोगों के लिये भोजन की व्यवस्था शुरू हो गयी है मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र में तीन स्थानों पर सामुदायिक रसोईघर शुरू किया गया है गया के खेल परिसर स्थित जगजीवन हॉस्पीटल और अम्बेडकर हॉस्टल को आपदा राहत केंद्र बनाया गया है पूर्णिया से हमार संवाददाता ने खबर दी है कि प्रखंड परिसर के ब्रनियादी केंद्र में बेसहारा लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था की गयी है केन्द्र सरकार ने तीन परतों वाले फेस मास्क का खुदरा मूल्य सोलह रुपए प्रति मास्क तय कर दिया है यह मूल्य तीस जून तक लागू रहेगा आकाशवाणी से बातचीत में उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के सचिव पवन अग्रवाल ने कहा कि फेस मास्क निर्माताओं से सलाह करने के बाद इस प्रकार के मास्क की यह दर तय की गई है उन्होंने कहा कि इससे फेस मास्क की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी केन्द्र सरकार ने शराब कारखानों और चीनी मिलों से कहा है कि वे सेनिटाइजर बनाने के लिए ऐथेनॉल का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा दो सौ मिलीलीटर की सेनिटाइजर की बोतल का अधिकतम खूदरा मूल्य एक सौ रुपया तय किया गया है नालंदा के हरनौत स्थित बंद पड़े रेल कारखाना में चिकित्सीय समाग्रियों का उत्पादन शुरू होगा कारखाना के चीफ वर्क शॉप मैनेजर प्रकाश चौधरी ने बताया कि सेनिटाइजर स्ट्रेचर मास्क बेड और वेंटिलेटर समेत अन्य सामान बनाये जाने की योजना बनायी गयी है इधर वैशाली के जंदाहा स्थित एक स्प्रीट बनाने वाली कंपनी में आज से सेनिटाइजर का उत्पादन शुरू हो जायेगा इधर मुजफ्फरपुर स्थित कोचिंग यार्ड में सेनिटाइजर के उत्पादन का काम शुरू हो गया है राज्य सरकार ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा तीस जून तक के लिये बढ़ा दी है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ये जानकारी दी इधर नगर विकास विभाग ने नगर निकायों द्वारा अगले एक महीने तक किसी प्रकार के टैक्स के वसूली पर रोक लगा दी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां केंद्र सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिये एक लाख सत्तर हजार करोड़ रूपये के पैकेज की घोषणा सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है हिन्दुस्तान लिखता है केंद्र और राज्य सरकार ने खोला खजाना दैनिक भास्कर ने लिखा है राज्य सरकार का एक सौ करोड़ का पैकेज गरीबों के लिये भोजन और आश्रय का होगा इंतजाम दैनिक जागरण की सुर्खी है तीन माह का सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक साथ खाते में भेजने लगी सरकार प्रभात खबर आज और राष्ट्रीय सहारा समेत अन्य सभी समाचार पत्रों ने लॉकडाउन के दौरान बरती जा रही सख्ती से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

जन वितरण प्रणाली की दुकानों में शिफ्ट में मिलेगा अनाज